इसे प्रचारित करने वाले स्वयं के पत्रकार होने का दावा करते हैं और इस जिम्मेदार पेशे को बदनाम करते हैं कल नई दिल्ली में रामनाथ यगोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज का मौजूदा चलन पत्रकारिता में संयम और दायित्व के बुनियादी सिंद्धांत को कमजोर कर रहा है उन्होंने कहा कि अक्सर पत्रकार अभियोजक वकील और न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं ऐसे में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को सामने लाने वाली महत्वपूर्ण खबरें नजरअंदाज कर दी जाती हैं और उनके स्थान पर गौण बातें सामने आ जाती हैं उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने में मदद करने के बदले रेटिंग के चलते सनसनीखेज मनगढ़ंत खबरों को बढ़ावा मिलता है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी सार्थक है जब इसके नागरिकों तक सही खबरें पहुंचे उत्कृष्ट पत्रकारिता लोकतंत्र को सार्थक करती है गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग के तहत चल रहे जोराम कोलोरियांग सड़क निर्माण कार्य की धीमि गति से चलने पर चिंता व्यक्त किया क्रा दादी जिले में कल जिला उपायुक्त और हितधारको के साथ किए एक बैठक में उन्होंने ठेकेदारों को बीस फरवरी तक आवश्यक श्रमिकों मशिनरियों और संसाधनों को रखकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पिड़ित समिति द्वारा कथित रुप से निर्माण कार्य पर व्यवधान किए जाने के विषय पर श्री फेलिक्स ने कहा कि सड़क मार्ग सबके लाभ के लिए है इसलिए इसमें किसी के पिड़ित होने का सवाल ही नहीं उठता उन्होंने जिला प्रशासन से इस तरह के विरोध प्रदर्शन को मंत्रीपूर्ण ढंग से संभालने को कहा चांगलांग जिले के पांगसू में पांगसू पास अंतर्राष्ट्रीय उत्सव पी पी आई एफ़ की आठवी संस्करण की शुरुआत कल से हो गई उपमुख्यमंत्री चाऊना मैन और भारत में म्यांमार के राजदूत मो क्याओ आंग ने उद्घाटन समारोह में शिरकत की इस अवसर पर श्री आंग ने आयोजक समिति के उत्कृष्ट व्यवस्था की सरहाना की यह फेस्टिवल म्यामार और भारत के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है राजदूत ने कहा कि इस तरह का उत्सव दोनों देशों के बीच औपचारिक समझौता आर्थिक राजनितिक और संस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के साथ साथ दोनों देशों के पयर्टन क्षमताओं का पता लगाने में सहयोग करता है उपमुख्यमंत्री चाउना मैन ने इस अवसर पर फेस्टिवल के एतिहासिक पहलू का स्मरण करते हुए कहा कि भारत म्यांमार सीमा के पटकाई हिल पर बसे पांगसू पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हितधारक ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड को फिर से खोलने को महत्व दे श्री मैन ने कहा कि इससे भारत और म्यांमार दोनों को फायदा होगा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिकिंग मोर्डन एप्लीकेशन फ़ॉर रियल ट्रांसफरमेशन नई दिल्ली के सहयोग से राजधानी ईटानगर में तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियों जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है कार्यशाला का उद्देश्य सामुदायिक रेडियों इनके प्रयोग ऑपरेशन पहलुओं आदि के बारे में जागरुक कराना है

याचिका में संचार विभाग में एक दशमलव चार सात लाख करोड़ रुपये के बकाया के भुगतान की मांग की गई है इससे पहले सोलह जनवरी को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने द्रसंचार कंपनियों की समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें उन्हें तेईस जनवरी तक एक दशमलव चार सात लाख करोड़ रुपये बकाया राशि का भ्रगतान करने के लिए कहा गया था

लड़कियों के फाइनल में हरियाणा ने झारखंड को तीन के मुकाबले पांच गोल से हराया द्रसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लड़कों ने हरियाणा को हराकर खिताब जीता मुक्केबाजी में अंडर सत्रह लड़के और लड़कियों के फाइनल में महाराष्ट्र और हरियाणा ने अधिकांश पदक जीते हैं हरियाणा ने पांच और महाराष्ट्र ने चार स्वर्ण पदक जीते कल्पना रिंकू तमन्ना तनु और प्रियांशु ने हरियाणा के लिए जबकि महाराष्ट्र के मुक्केबाज संजीत विजय शाइखोम और येईफाबा ने स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया